मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की दूरगामी सोच और सही समय पर कदम उठाने के चलते प्रदेश में कोरोना का असर तुलनात्मक रूप से काफी कम है

उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यहां कोरोना पॉजिटिविटी दर और मृत्युदर काफी कम है राज्य में कोरोना से मृत्युदर एक दशमलव पांच प्रतिशत है वहीं पॉजिटिविटी दर चार दशमलव तीन प्रतिशत है

वहीं दिनों दिन बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं प्रदेश के काबीना मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गये है उन्होंने ट्वीट कर खुद संक्रमित होने की जानकारी दी इससे पूर्व राज्य में कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं

इन पुरस्कारों की स्थापना का उददेश्य देश के मेधावी बच्चा व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिये जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले सप्ताह में राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है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

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक है औद्योगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई द्वारा आयोजित एक वचअल समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है उन्होंने कहा कि सामाजिक मीडिया मंच पर जनमत को भ्रमित करने का रूझान जनसाधारण के लिए बहुत खतरनाक है उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकृश के लिए वास्तविक जांच दल गठित किया है जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा

इनमें से पाच सौ बासठ गांव जलमग्न है

वहीं राप्ती नदी श्रावस्ती में राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है सरयू नदी अयोध्या और बलिया में तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बह रही है बाढ़ प्रभावित जनपद है अम्बेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया फर्रूखाबाद गोण्डा गोरखपुर कासगंज लखीमपुर खीरी कुशीनगर मऊ शाहजहांपुर और सीतापुर

गंगा नदी का जलस्तर प्रयागराज और वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है वाराणसी में गंगा नदीके तट पर दशाश्वमेघ सहित कई घाटों के सम्पर्क जल भराव के कारण टूट गये है

जल पुलिस विशेष सर्तकता बरत रहो है भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है श्री द्विवेदी आज बस्ती जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत के बेहतर कार्य करने के लिये पंचायत भवन का होना अत्यन्त आवश्यक होता है उन्होंने कहा कि इससे पंचायत में सरकार की अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन एक ही छत के नीचे सम्पन्न होता है और ग्रामीणों को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत एक अहम कड़ी है

सांसद ने कहा कि व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जब तक ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तब तक गांव और देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता

वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं हमारे हमीरपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मिल रही दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता कोविड महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में काफी लाभप्रद साबित हो रही है और ब्रंद ब्रंद से घड़ा भरने का काम कर रही है कृषि उप निदेशक जितेन्द्र मोहन श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो भारत सरकार द्वारा चलायी गई है किसानों के लिये बेहद उपयोगी है

लाभार्थी किसान चिंतामणि कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिल रही दो हजार रूपये की सहायता हमारे इस गाढ़े वक्त में से कम नहीं है तिल मूंग उर्द मूंगफली की फसलों की निराई गुढ़ाई में मजदूरों को मजदूरी देने में बहुत सहायक हुई है हम किसान प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा जनहित में उठाये गये कदम की जहां चहुंओर प्रशंसा हो रही है वहीं अन्य योजनाओं में भी इसी तरह की अपेक्षा का किसान सपना संजोये हैं